स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विदेश विभाग गृह मंत्रालय नागरिक उड़डयन और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस सशस्त्र बल चिकित्सा विज्ञान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे कैबिनेट सचिव अब तक छह समीक्षा बैठक कर चूके हैं इस बीच नया यात्रा परामर्श जारी कर लोगों को चीन की यात्रा न करने की सलाह दी गई है

केरल में संकमण की पुष्टि वाले दो लोगों की निगरानी की जा रही है

पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श में कहा गया है कि ई वीजा पर चीन से भारत की यात्रा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है यह परामर्श चीनी पासपोर्ट धारकों और चीनी गणराज्य में रहने वाले अन्य राष्ट्रों के निवासियों के आवेदनों के संदर्भ में लागू होगा पहले से ई वीजा प्राप्त व्यक्तियों से कहा गया है कि उनका वीजा अब वैध नहीं है आपात स्थिति में भारत की यात्रा करने वाले लोग पेइचिंग में भारतीय दूतावास अथवा शंघाई या क्वांग्जू स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों से संपर्क कर सकते हैं इन शहरों में भारतीय वीजा आवेदन केन्द्रों से भी संपर्क किया जा सकता है केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के फैलाव पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं इधर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव रोगी नहीं पाया गया है अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने कल जयपुर में कोरोना वायरस के संबंध में राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी

बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया सीकर के स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध गांधीवादी बालू राम सैनी का आज श्रीमाधोपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा

बालूराम आजादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोपनीय डाक पहुंचाने वाले सेनानी थे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बालूराम सैनी के निधन पर गहरा दुख जताया है बांसवाड़ा जिले में कल देर शाम अलग अलग हादसों में चार लोगों की मौत हो गई

राजस्थान वक्फ बोर्ड प्रदेश भर में फैली अपनी संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन कराएगा बोर्ड के अध्यक्ष खानुखान बुधवाली ने अजमेर में पत्रकारों को बताया कि संपत्तियों को चिन्हित कर ऑनलाइन कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा गया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां कल कोटा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए कार्यक्रम के बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस केन्द्रीय बजट को लेकर जनता में भ्रम फैला रही है